बायो फ्यूल का निर्माण करने के लिए देहरादून के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों को दी बधाई प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में सुना गया देहरादून स्थित राष्ट्रीय दु ष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के बच्चों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक बातों को सराहा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हुई बारिश और ओलावृष्टि

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है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 उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहसपूर्ण खेलों के लिए असीमित अवसर हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चुनें

इस उड़ान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में दस प्रतिशत इंडियन बायो जेट ईंधन का मिश्रण किया गया था

दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हर साल भारत आते हैं उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि अगले तीन वर्षो तक भारत प्रवासी पक्षियों पर होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा मन की बात एनआईवीएच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेशभर में लोगों ने सुना राजधानी देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के बच्चों और शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम को सुना इसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला कार्यक्रम में कही गई बातों को बच्चों ने पसंद किया प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होकर इस संस्थान के बच्चों और शिक्षकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं

इसके अलावा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा नत्थनपुर में सामुदायिक भवन एवं मिलन केन्द्र निर्माण कार्य का भूमि प्रजन एवं शिलान्यास किया मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बारिश हुई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर हिमपात हुआ है राजधानी देहरादून में सुबह चटख धूप खिली रही लेकिन दोपहर बाद अचानक झमाझम बारिश होने लगी और कहीं कहीं ओले भी गिरे अचानक हुई बारिश से लोगों को काफी परेशानी हुई चमोली जिले में भी निचले इलाकों में तेज बारिश और बदरीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी औली रूपकुंड रुद्रनाथ बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी हुई

मौसम खराब होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का भराड़ीसैंण दौरा भी स्थगित हो गया नैनीताल में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई अल्मोड़ा में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ मौसम विभाग के मुताबिक कल भी आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाये रहेंगे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और ढाई हजार मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है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

बाद में सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया

उन्होंने कहा है कि किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं

सैनिक सचिवालय प्रवेश मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में अब सैनिकों को उनके आई कार्ड के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गयी है यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि सैनिक देश का गौरव हैं राज्य सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है इस नई व्यवस्था से अब सैनिकों को प्रवेश को लेकर न तो ज्यादा इन्तजार करना पड़ेगा और न ही किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज हम बात कर रहे है कर्नाटक की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी प्रसिद्व लोक संगीत शैली और कला कमसाले पदा की जो यहां के भव्य लोक नृत्यों और कला का एक और बेजोड़ उदाहरण है कमसाले एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पीतल से बना होता है इसी को इस्तेमाल कर लोग भगवान महादेश्वरा के लिए गीत गाते हैं कमसाले मैसूर के मन्डया क्षेत्र में धार्मिक मेलों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है कहते हैं कि महादेश्वरा पहाड़ी पर जाने वाले लोगों ने जंगली जानवरों को भगाने के लिए कमसाले का इस्तेमाल शुरू किया था इसके साथ ही वो भगवान महादेश्वरा के भजन भी गाने लगे आमतौर पर पीले और लाल लिबास पहनकर प्रस्तुत किया जाने वाले कमसाले लोकनृत्य अब विश्वविद्यालयों के कला संकाय में भी सिखाया जाता है बेंगलुरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ एस एन सुशीला का कहना है कि कमसाले व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत फायदेमंद है बेंगलुरू विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों के छात्र भी कमसाले पदा सीख रहे हैं उनका कहना है कि यह नृत्य शैली ऊर्जा से भरपूर है

इसके अलावा स्थाई परिसर में आन्तरिक सड़कें भी राज्य सरकार ही बनायेगी जिसकी डीपीआर तैंयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं इसके अलावा जब तक एनआईटी का स्थाई कैंपस तैयार नहीं होता तब तक श्रीनगर में ही आईटीआई भवन और रेशम विभाग की भूमि को अस्थाई रूप से इसके लिए आवंटित कर दिया गया है